वे कुल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की पहली सभा कल अलवर में होगी सोमवार को श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम और कोटा में चुनावी सभाओं को सम्बोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा परसों से शुरू होगा

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती कल से प्रदेश दौरे पर रहेंगी वे कल सवाईमाधोप्र और करौली में चुनावी रैलियों को सम्बोधित करेंगी

कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनैतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में पत्रकार वार्ता में राज्य भाजपा सरकार पर भु और खान माफियाओं को बढावा देकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया चित्तौडगढ में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधप्र जिले के ओसियां भोपालगढ बिलाडा और नागौर जिले में मेडता रोड अजमेर जिले में किशनगढ और जयपुर जिले के दूदू और बगरू में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट आज टोंक में अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में जनसम्पर्क कर रहे हैं

मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है कई स्थानों पर बागी प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण बहकोणीय मुकाबला रहेगा

वहीं बहजन समाज पार्टी सीपीआई और सीपीएम ने भी अपने प्रत्याशी खडे किये हैं इसके अलावा आम आदमी पार्टी भारत वाहिनी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं

भाजपा ने शिकायत की थी कि उर्न्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की थी

सरगम सप्ताह के सातों दिनों में युवाओं महिलाओं और दिव्यांगजन को भी ध्यान में रखकर विशेष कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी

झालरापाटन में चल रहे चन्द्रभागा मेले के दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढाने के उददेश्य से प्रदर्शनी लगाई गई है जहां ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से मतदान प्रकिया की जानकारी दी जा रही है

कल चिकित्सा शिक्षा सचिव और पुलिस प्रशासन के बीच हुई वार्ता के बाद ये सहमति बनी अजमेर के जेएनएल अस्पताल में रेजीडेंट डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद रेंजीडेंट डॉक्टर हडताल पर चले गये थे इसके समर्थन में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजीडेंट डॉक्टरों ने पिछले तीन दिनों से काम बंद कर दिया था

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि करीब सवा सात लाख रूपये मूल्य की इस शराब बरामदगी में मौके से वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए लगातार विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं

इससे नदियों और जलाशयों में आने वाली बाढ़ का पहले से अनुमान लगाया जा सकेगा मौसम विभाग के महानिदेशक केजी रमेश ने बताया कि इससे राज्य सरकारें वर्षा के प्रभाव पर निगरानी रख सकेंगी और सही समय पर बाढ से बचने के उपाय कर सकेंगी

इफ्फी में पहली बार किसी राज्य को फोकस राज्य घोषित किया गया है

इस खिताब को जीतकर मैरीकॉम सबसे सफल महिला मुक्केबाज बन जाएगी